शाला प्रवेश उत्सव मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के मर्रा में स्कूलों के लिए डिजिटल शिक्षा योजना डीजी द्निया की शुरूआत की इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों के काम पेपरलेस करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर टोटल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम टीम भी लॉन्च किया इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति छात्रवृत्ति गणवेश आदि विभिन्न कागजी कार्रवाईयों में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा सकेगी इस मौके पर उन्होंने दीक्षा ऐप भी लॉन्च किया इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है इसके माध्यम से रोचक तरीके से किताबों की जानकारी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मर्रा में राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डीजी दुनिया योजना के तहत राज्य सरकार की योजना निकट भविष्य में प्रदेश के सवा चार हजार हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में इस तरह के स्मार्ट क्लास और स्मार्ट लैब की स्थापना करने की है

इस मौके पर जाने माने क्रिकेटर अनिल कुंबले ने छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की लोकसभा ग्राम पंचायत केन्द्र सरकार ने देश की सभी पंचायतों को भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ सत्तर पंचायतों को ऑप्टीकल फाइबर से जोड़ दिया गया है इस परियोजना के तहत देश के सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाएगा श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक चवालीस हजार एक सौ चालीस ग्राम पंचायतों में वाई फाई स्पाट स्थापित कर दिए गए हैं मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को दिन में ग्यारह बजे इस मासिक कार्यक्रम के जरिये अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें एक वीडियो संदेश में श्री जावडेकर ने कहा कि यह एक अनूठा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित बनाना है गणवेश अध्यापन सारणी प्रदेश के सरकारी स्कूलों और पंजीकृत मदरसों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को बीस जुलाई तक निःशुल्क गणवेश वितरित किया जाएगा लोक शिक्षण मंत्रालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं इस दौरान सभी विद्यार्थियों को गणवेश के दो सेट दिए जाएंगे वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र के लिए अध्यापन की समय सारणी में परिवर्तन किया है इसके अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर विषयवार समय सारणी का निर्धारण प्रधान पाठक या प्राचार्य द्वारा किया जाएगा गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई मुख्य भोजन अवकाश के पहले होगी वहीं प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में तृतीय पीरियड एक घंटे का माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए चतुर्थ पीरियड आधे घंटे और हाई स्कूल तथां हायर सेकेण्डरी स्तर तक के लिए चौथा पीरियड बीस मिनट का निर्धारित किया गया है बच्चों को अंतिम पीरियड में भारतीय संस्कृति कला पर्यावरण के संबंध में जानकारी दी जाएगी इसके अलावा सप्ताह में एक दिन योग अभ्यास भी कराया जाएगा हाईकोर्ट एसडीएम बरी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर के बर्खास्त एसडीएम संतोष देवांगन को अवैध प्लाटिंग के जुर्माने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है इस मामले के कारण ही संतोष देवांगन को न केवल दो बार जेल जाना पड़ा बल्कि नौकरी भी गंवानी पड़ी थी बिलासपुर में जब वे एसडीएम थे उस समय अवैध प्लाटिंग के एक केस में उन्होंने डेढ़ लाख रुपए जुर्माना किया था बाद में नोटशीट बदलकर डेढ़ लाख को पंद्रह हजार करने का मामला सामने आया था इसकी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई ईओडब्लू ने इसकी जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया और संतोष देवांगन को गिरफ्तार भी कर लिया था बाद में ट्रॉयल कोर्ट ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई थी इसके बाद उन्हें सरकार ने बर्खास्त कर दिया था सिंहदेव डीकेएस रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में व्याख्याताओं और प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर की व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान इसकी मंजूरी दी उन्होंने स्वशासी समिति की बैठक में बताया कि अस्पताल में सभी सेवाओं के लिए नया टेंडर जारी किया जाएगा वहीं चिरायू योजना के तहत अस्पताल में फर्स्ट रेफरल सेंटर शुरू किया जाएगा बैठक में उन्होंने अस्पताल में मॅरीजों के परिजनों के रूकने और केन्द्रीय दवा भंडार के लिए नए भवन के निर्माण की स्वीकृति दी धान किस्म संवर्धन केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली धान की परंपरागत सुगंधित औषधीय और विशिष्ट गुणों वाली देशी किस्मों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए पौने तीन करोड़ रूपये की परियोजना बनाई है भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा के उपयोग से इन किस्मों के सुधार और संरक्षण के लिए इंदिरा गांधी कषि विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है परियोजना के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मुंबई और बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेस परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध किया गया है परियोजना का प्रमुख अन्वेषक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक शर्मा को बनाया गया है उन्होंने बताया कि इस परियोजना के प्रथम चरण में धान की चौबीस देशी प्रजातियों में सुधार कर उन्हें किसानों को दिया जायेगा बीएसपी हादसा भिलाई इस्पात संयंत्र में आज इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश की चपेट में आने से तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें भिलाई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जानकारी के मुताबिक दोपहर बाद एमएसडीएस दो में यह हादसा हुआ घटना में झुलसे कर्मचारियों में मनोज पटेल धुरव और देवेंन्द्र शामिल हैं जूनियर डॉक्टर हड़ताल रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर स्टायपेंड बढ़ाने और ट्रामा यूनिट में सुरक्षा की मांग को लेकर आज से बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं इस दौरान वे मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते रहे उन्होंने अड़तालीस घंटों के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर सभी आपात सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान बारसूर थाना क्षेत्र के बोदली गांव में घेराबंदी कर इन माओवादियों को गिरफ्तार किया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 वहीं दूसरा माओवादी जनमिलिशिया सदस्य बताया गया है

मादक पदार्थ निषेध दिवस आज मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निषेध दिवस है मादक पदार्थो के सेवन के दुष्परिणामों के बारे जागरुकता पैदा करने के लिए उन्नीस सौ सतासी से हर साल छब्बीस जून को यह दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय है न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय इस मौके पर आज छत्तीसगढ़ में भी जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए जांजगीर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नशे के दुष्प्रभाव और उन्मूलन में जन सामान्य की भूमिका विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई

डीएलएड और डीएम प्रथम वर्ष की परीक्षा पांच जुलाई और दूसरे वर्ष की परीक्षा छह जुलाई से शुरू होगी

दोनों ही परीक्षाएं तेरह अगस्त से शुरू होंगी